आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दो अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो काफ्रेंस के जरिए उन्होंने आज लोकर्पण किया ये संस्थान हैं गुजरात के जामनगर में आयूर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयूर्वेद संस्थान श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयूर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आघुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज समाज के सभी वर्गो की सहायता के लिए सरकार के प्रयास जारी रखने पर केन्द्रित है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पैकेज से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और संकटग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे नकदी का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकेगा और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पैकेज रियल इस्टेट क्षेत्र में नई जान डालने और किसानों की सहायता करने में सहायक होगा

उन्होंने कहा है कि दीपावली से लेकर छठ पर्व तक व्यापक सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि इन पर्वो में लोग आपस में भेंट करते हैं छठ पर्व सामूहिक रूप से सम्पन्न किया जाता है उन्होंने इसके दृष्टिगत जिला स्तर पर समीक्षा करते हुए संक्रमण के नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे र्थ उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाएं इसके लिए विमिन्न प्रचार माध्यमों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग किया जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि लखनऊ कानप्र नगर वाराणसी तथा मेरठ में कोविड नाइन्टीन की रिकवरी दर को बेहतर करने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन की मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए उन्होंने सर्विलान्स व्यवस्था को प्रमावी ढंग से लागू रखने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विमाग एवं विकित्सा शिक्षा विमाग त्योहारों के मदेनजर पूरी सतर्कता बरते

पिछले चौबीस घंटे में उन्चास हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक देश में इक्यासी लाख पन्द्रह हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं आज धनत्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है जिसे पांच दिन के दीपोत्सव की शुरूआत माना जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है इस दिन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान धनवंतरि भगवान गणेश माता लक्ष्मी और कुंबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की श्भकामनाएं दी हैं प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवाशियों को दीपोत्वस पर्व की बधाई दी हैं अपने बधाई सन्देश में राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि वैभव और प्रकाश का प्रतीक पर्व दीपावली भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों का संवाहक है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में प्रदेश के लोगों के सुख समृद्धि की कामना की हैं अयोध्या में आज दीपोत्सव दो हजार बीस मनया जा रहा है

अयोध्या से राजेंद्र सोनी आज ही अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी की जयंती भी मनायी जा रही है